इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीका लगवा रहे प्रदेश भर के युवाओं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बात की उन्होंने य्वाओं से आग्रह किया कि वे समाज से वैक्सीन के प्रति फैलाए जा रहे भ्रम को द्र करें और द्रसरों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें लोगों को बताएं कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है

टीकाकरण सोमवार ब्धवार ग्रुवार और शनिवार को स्बह नौ बजे से शाम पांच बजे तक होगा

सतना सांसद गणेश सिंह ने जिला चिकित्सालय सतना में वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि वैक्सीन अवश्य लगाएं मुरैना में लोगों में टीका लगवाने के लिए जबरदस्त उत्साह है

आईसीएमआर परीक्षण भारतीय आय्र्विज्ञान अन्संधान परिषद आईसीएमआर ने कहा कि मौजूदा समय में संक्रमण के मामले अधिक होने के कारण जांच प्रयोगशालाओं पर काफी दबाव है इसलिए रैपिड एंटीजन टेस्ट अथवा आरटी पीसीआर जांच में एक बार पॉजिटिव घोषित हो च्के व्यक्ति को अस्पताल से छ्ट्टी देते समय द्बारा यह जांच कराने की जरुरत नहीं है एक राज्य से दुसरे राज्य में गए स्वस्थ व्यक्ति का आरटी पीसीआर जांच कराना भी पूरी तरह बंद किया जाना चाहिए ताकि प्रयोगशालाओं पर दबाव कम हो

इस औषधि में एंटीबॉडी ग्रण मौजूद हैं भारतीय औषध महानियंत्रक ने मनुष्यों पर इसके परीक्षण की अन्मति दे दी है

शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन में सब कुछ बंद रहेगा

खण्डवा जिला चिकित्सालय में मरीजों में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार के लिए फिजियोथिरेपिस्ट की सेवाएं ली जा रही है वहीं खंडवा में इलाज करा रहे छतरप्र के जज अतर सिंह अलावा की उपचार के दौरान कल मृत्य् हो गई

दूसरे नंबर पर उज्जैन और तीसरे पर विदिशा जिला है ग्रामीण कर्फ्यू आगरमालवा जिले के खेरिया स्दवास बनोटी ढ़ोढर बरगड़ी सहित विभिन्न गांवों में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीणों दवारा जनता कर्फ्यू लगाकर गांवों की सीमाओं को सील किया गया है गांव से बाहर और बाहर से अंदर आने जाने वाले व्यक्तियों की रजिस्टर में एन्ट्री की जा रही है जिले की राजस्थान सीमा से लगे गाँवो में ग्रामीणों द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है